हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के दौरे के दौरान कल शाम पंधेड़ व नंधन में पंचायत घरों व सामुदायिक केन्द्रों की आधारशिला रखने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही अनुराग ठाक्र ने बतया कि बंगाणा नादौन व संधोल में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए केन्द्र सरकार ने धनराशि जारी कर दी है

अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए गए हैं और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी वृद्धि की गई है

सरवीण चौधरी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कल कांगड़ा जिले के बरदाई में क्टीर निरीक्षण हट का भूमि पूजन किया उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वनों को रोजगार और आजीविका का साधन बनाने का प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि लोगों को पौधरोपण से जोड़ने के लिए एक ब्रटा बेटी के नाम योजना शुरू की गई है ताकि हरित आवरण को बढ़ाया जा सके इस अवसर पर उन्होंने जन सुनवाई भी की और अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया नवरात्र् शारदीय नवरात्र के सातवें दिन आज मां दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है कालरात्रि केवल शत्र एवं द्ष्टों का संहार करती है काल का विनाश करने की शक्ति के कारण इन्हें कालरात्रि कहा गया है मान्यता है कि देवी कालरात्रि अकाल मृत्यु से बचाने वाली और भय बाधाओं का विनोश करने वाली है प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों व मंदिरों में कोरोना बचाव के नियमों का पालन करते हुए श्रद्वालु सुबह से ही मां के चरणों में शीश नवा रहे हैं

प्रदेश में कोरोना से अभी तक दो सौ उनासी लोगों की मृत्यु हो चुकी है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने पीएमजीएसवाई की खबरों को प्रमुखता दी है दिव्य हिमाचल की सुर्खी है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मंडी देश का सर्वश्रेष्ठ जिला

दैनिक जागरण के शब्द हैं पीएमजीएसवाई लागू करने में मंडी अव्वल

मोदी का नाम लेना भूले जयराम नड्डा ने याद दिलए उनके प्रयास शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है पार्टी कार्यालयों के शिलान्यास पर सीएम के आडवाणी का नाम लेने पर नड्डा ने मोदी के योगदान की दिलाई याद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान को दैनिक जागरण ने सुर्खी दी है देश की सीमाएं सुरक्षित बनाने की रणनीति से हिला चीन हिमाचल दस्तक के मुताबिक एक हजार करोड़ और लोन लिया हिमाचल ने इसी अखबार की एक अन्य खबर है नए शहरों में मिलेगी टैक्स छूट मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक